इसमें राज्यपाल द्वारा विधानसभा का संत्र आहत करने के लिए दिए गए परामर्श पर चर्चा होने की संभावना है गौरतलब है कि कल राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के सामने विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति देने का कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव दिया था उन्होंने कहा था कि सरकार को तीन बिन्दुओं पर स्पष्टिकरण देकर राजभवन को प्रस्ताव भेजना चाहिए इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हए कहा कि राज्यपाल का जो दूसरा पत्र आया है सब मिलकर उसके बारे में विचार कर नया प्रस्ताव तैयार करेंगे

उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बाघों के बारे में एक पोस्टकर भी जारी किया

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में बाघों की संख्या बढाने के लिए मदद देने को तैयार है

यह दिन मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान देना और टिकाउ विकास योजनाओं को ज्यादा महत्व देना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी टवीट कर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर लोगों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प लेने को कहा है उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हमारे स्वयं के अस्तित्व और भावी पीढी के लिए बहत महत्वूपर्ण है

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि परिणाम शाम चार बजे घोषित किया जायेगा

अजमेर से दिल्ली के बीच ट्रेन नौ स्टेशनों पर ठहरेगी इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे में सोमवार को पहली बार दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन पहुंची अजमेर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक नवीन परसुरामका ने बताया कि जल्द ही अनय ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जाएगी

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें